प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से जनता से आहवान किया है कि कोरोना महामारी से उपजे अंधकार से निकलते हुए हमें निरंतर प्रकाश और आशा की ओर बढ़ना है प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण हम अपने घरों तक सीमित हैं लेकिन हममें से कोई भी अकेला नहीं है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आहवान किया गया है कि इस दौरान केवल घरों की रोशनी बत्तियां ही बुझाई जाएं जबकि अन्य घरेलू उपकरण कंप्यूटर टेलीविजन पंखे फ्रिज और एसी आदि बंद करने की आवश्यकता नहीं है

प्रारंभिक जांच में तबलीगी जमात से लौटे तीन लोग नालागढ़ से हैं जबकि चार अन्य बददी से हैं हाल ही में बद्दी में कोरोना से महिला की मृत्यु हुई थी और ये चारों लोग उनके संपर्क में आए हुए बताए जा रहे हैं बद्दी के संक्रमित लोगों को राज्य से बाहर भेजा गया है जबकि नालागढ़ के मरीजों को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला लाया गया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों द्वारा उचित दूरी बनाए रखने व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कोरोना महामारी के दृष्टिगत उत्पन्न परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए कल प्रदेश के उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने राज्य में च्वीइंगम तथा इस प्रकार के अन्य उत्पादों की बिक्री तथा वितरण पर तीन महीनों के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है

इन दिशा निर्देशों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंपों के पास ट्रकों की मरम्मत वाली दुकानों तथा चाय उद्योग को छूट के दायरे में रखा गया है

गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने और साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिये

अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल से बुरी खबर बद्दी नालागढ़ के सात लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव दैनिक जागरण का शीर्षक है हिमाचल में सात और कोरोना पॉजिटिव तीन तबलीगी और चार अन्य लोग पॉजिटिव पाए गए दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में कोरोना के सात नए शिकार सोलन जिला के नालागढ़ क्षेत्र से प्रदेश को बड़ा झटका चार लोग इलाज के लिए दिल्ली भेजे

दैनिक सवेरा टाइम्स की खबर है कोरोना के खौफ के बीच गलत सूचनाए परोसने पर सरकार सख्त

हिमाचल में च्यूंगम चबाने बेचने पर रोक दैनिक जागरण की एक अन्य खबर है आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है प्रदेश में चारे और आहार की आपूर्ति होगी सुनिश्चित